सभी पार्टियों के बड़े नेता मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए रैलियां कर रहे हैं वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरप्रदेश के अम्बेडकर नगर के मया बाजार में एक रैली को संबोधित किया उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है उनकी सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा उनकी सरकार की प्राथमिकता है निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के वर्धा में भाषण के दौरान कथित रुप से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत के बारे में भारतिय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लिन चिट दे दी है आयोग ने एक बयान में कहा कि इस मामले में आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया है कांग्रेस पार्टी भाजपा अर चुनाव में सरकारी मशीनरी का द्रुपयोग करने का आरोप लगाया है पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज च्रनाव आयोग से मिलकर कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने हाल ही के दिनों में जिन इलाकों का दौरा किया है वहाँ के अधिकारियों से क्षेत्र विशेष के बारे में जानकारियां मांगी थी

आज ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए निशी एलिट सोसायटी के अध्यक्ष बेंगिया तोलुम ने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के लागू होने के बावजूद इन दोनों जिलों में बड़े पैमाने पर चूनाव में धन और बल का प्रयोग चिंता का विषय है

वार्षिक कार्य योजना और बजट दो हजार उन्नीस बीस की प्रस्तुती और विचार पर आयोजित इस बैठक में स्वास्थ्य वित्तीय समाज कल्याण और ग्रामीण विकास विभाग के आयुक्तों एवं सचिवों तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे लंबे समय तक चले बैठक के बाद समिति ने वार्षिक कार्य योजना और बजट दो हजार उन्नीस बीस को मंजूरी दी राज्य चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान निदेशालय अब से चिकित्सा के आयुष प्रणाली की प्रवेश प्रक्रिया की सुव्यवस्थित और निगरानी करेगी इधर राज्य की एकमात्र निजी पूर्वोत्तर होमियोपेथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी अब राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाएगा इस वर्ष से छात्रों का चयन राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा एन ई ई टी के माध्यम से किया जाएगा

उन्होंने राज्य में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर कामगारों को बधाई दी है श्री कोविंद ने कहा कि श्रमिकों के उद्यम और त्याग ने बेहतर और समृद्ध भारत की आधारशिला रखी है उप राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण में मजदूरों के कठिन परिश्रम और प्रतिबद्धता को नमक किया उन्होंने कहा कि हमें श्रमिकों के अधिकारों और सम्मान को बनाए रखने का सकल्प लेना चाहिए म्यामा के पास पंगसाउ पास में असम राईफल और म्यांमार सेना के बीच हालही में सुरक्षा और सीमा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई विज्ञप्ति के अनुसार असम राईफल के जयरामपुर बटालियन द्वारा इस बैठक का संचालन किया गया था